उन्होंने आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को वीडियो कांफेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया प्रधानमंत्री ने विपक्षी दलों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि वे झूठ और दुष्प्रचार के जरिए देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि राजनीतिक व्यवस्था अर्थशास्त्र और अन्य विविध क्षेत्रों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचार और शिक्षा आने वाली पीढियों को प्रेरित करते रहेंगे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ऐसे समय में भी स्वदेशी पर बल दिया था जब तत्कालीन सरकारों ने विदेशी आयात पर आधारित आर्थिक वृद्धि के मॉडल को अपनाया था दीनदयाल श्रद्धांजलि इस बीच प्रदेश में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की गई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राजभवन में दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्वांजलि दी और कहा कि वे महान बुद्धिजीवी दूरदर्शी और प्रेरणादायक व्यक्तित्व थे राज्यपाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन सामाजिक संदभाव और देशभक्ति का उदाहरण है भाजपा के शिमला स्थित प्रदेश कार्यालय में भी एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया जिसमें पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रसारण को सुना और पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्वासुमन अर्पित किए गए प्रदेश महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सब धर्मो को समान मानने वाली राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास रखते थे कुसुम्पटी भाजपा मंडल के शिमला जिले के कोटी में हुए एक कार्यक्रम में कैलाश फैंडरेशन के अध्यक्ष रवि मेंहता ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक मेहान विचारक थे जिन्होंने जनसंघ की राजनीतिक विचारधारा को ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं तक पहुंचाया दीन दयाल जंयती भाजपा कार्यकर्ताओं ने पंडित दीन दयाल उपाध्याय की जयंती पर प्रदेश के अनेक भागों में सफाई अभियान चलाया है पार्टी कार्यकर्ताओं ने आज से कुल्लू शहर को फिर से सैनिटाईज करने का काम शुरू किया ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोक जा सके कुल्लू जिला भाजपा प्रवक्ता आदित्य गौतम ने बताया कि सैनिटाईजेशन का ये कार्य आने वाले दिनों में जारी रहेगा मारकंडा जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने कहा है कि अटल टनल रोहतांग के खुलने से लाहौल स्पीति जिले में एक ओर जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा वहीं कृषि व बागवानी गतिविधियाँ भी तेज होंगी लाहौल घाटी के कारगा व गोंदला में आज किसान गोष्ठी और मृदा स्वास्थ्य पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि लाहौल स्पीति ज़िले के लोगों के लिए अटल टनल रोहतांग वरदान साबित होगी मारकंडा ने किसानों से प्रकृतिक खेती अपनाने का आहवान किया

राजेंद्र गर्ग प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि लोगों को घर के नजदीक ही राशन उपलब्ध करवाया जा सके खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग ने आज सोलन में खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदामों के निरीक्षण के बाद ये जानकारी दी उन्होंने इस दौरान खाद्य वस्तुओं की गुणवत्ता की जायजा लिया और अधिकारियों को कमियां दूर करने के निर्देश दिए राजेंद्र गर्ग ने कहा कि राज्य सरकार सभी को गुणवत्तापूर्ण राशन दे रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में कम्प्यूटर सर्वर की कमी दूर की जाएगी